तिरसठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया

छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रदेश के पांच लोकसभा क्षेत्रों किशनगंज पूर्णिया भागलपुर बांका और कटिहार में मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया तिरसठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि दो हजार चौदह के तुलना में इस बार शून्य दशमलव छह प्रतिशत अधिक मतदाताओं ने वोट डाला

पूर्णिया में पैंसठ प्रतिशत बांका में अंठावन प्रतिशत और भागलपुर में अंठावन प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बांका संसदीय क्षेत्र के शंभूगंज स्थित एक मतदान केन्द्र पर दो पक्षों के बीच झड़प के बाद उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिये पूलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी उन्होंने बताया कि दो सौ से अधिक लोग बोगस वोटिंग की कोशिश कर रहे थे जब उन्हें रोका गया तो वे हंगामा करने लगे इसी दौरान दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई इसे देखते हुए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है इस बीच अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है मतदान के दौरान कुछ अन्य स्थानों से भी ईवीएम के खराब होने के कारण मतदान में थोड़ी देर के लिये बाधा पहुंची जिसे शीघ्र ही दूर कर लिया गया कटिहार के फलका स्थित मतदान केन्द्र संख्या उनतालीस पर मतदाताओं ने क्छ लोगों द्वारा विशेष दल के पक्ष में मतदान का दबाव बनाने का आरोप लगाकर आक्रोश व्यक्त किया पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के अमौर स्थित ज्ञानडोभ में वार्ड बारह और तेरह के मतदाताओं ने विकास कार्य नहीं होने के कारण वोटिंग का बहिष्कार किया बाद में सेक्टर मजिस्ट्रेट के मनाने के बाद ग्रामीणों ने मतदान में हिस्सा लिया इसी जिले के बनमनखी स्थित ब्रथ संख्या छब्बीस और सताईस पर दल विशेष के समर्थकों द्वारा कब्जे की शिकायत मिली इसके बाद निर्वाचन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है वहीं कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र स्थित फलका में भीषण गर्मी के कारण लाईन में खड़ी एक महिला मतदाता बेहोश हो गयी आज के मतदान के बाद कुल अड़सठ उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है इनमें कांग्रेस के तारिक अनवर राजद के जयप्रकाश नारायण यादव पूर्व सांसद पुतुल कुमारी राज्य के पूर्व मंत्री दुलालचंद्र गोस्वामी निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा पूर्व सांसद उदय सिंह और पूर्व मंत्री मोहम्मद जावेद जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक छह करोड़ दस लाख रूपये नकद जब्त किये गये हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल से लगी सीमाओं के पास से तैंतीस लाख रूपये मूल्य के नेपाली करेंसी भी जब्त किये गये हैं वहीं छप्पन हजार लीटर शराब नब्बे किलो गांजा साढ़े चार किलो चरस और साढ़े तेरह किलो अफीम बरामद की गयी है राजद के विक्षुब्ध नेता अली अशरफ फातमी ने आज मध्रबनी संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा भर दिया श्री फातमी ने कल ही राजद की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था इस सीट पर एनडीए गठबंधन की ओर से भाजपा प्रत्याशी अशोक यादव और महागठबंधन की ओर से वीआईपी के बद्री कुमार पूर्वे चुनाव मैदान में हैं इधर कांग्रेस के बागी शकील अहमद ने भी इस संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरा है मध्रबनी संसदीय सीट पर पांचवे चरण के तहत छह मई को मतदान होगा प्रदेश में तीसरे चरण का चूनाव प्रचार चरम पर है तीसरे चरण में पांच संसदीय क्षेत्रों झंझारपुर सुपौल अररिया मधेपुरा और खगड़िया में तेईस अप्रैल को मतदान होगा विभिन्न दल और गठबंधन के बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुपौल के गांधी मैदान में चूनावी सभाओं को संबोधित करते हुए जदयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के लिये लोगों से समर्थन की अपील की सभा को लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव ने पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया दोनों मंत्रियों ने दावा किया कि एक बार फिर भारी बहुमत से केन्द्र में एनडीए की सरकार बनेगी उधर खगड़िया संसदीय क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवार और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क और रोड शो किया कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल राजद के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने वाल्मिकीनगर में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के बाद आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया पांचवे चरण के तहत सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर सारण और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह मई को होने वाले मतदान के लिए आज नामांकन दाखिल करने का कार्य सम्पन्न हो गया है बीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और बाईस अप्रैल तक पर्चे वापस लिये जा सकते हैं नामांकन के अंतिम दिन आज मध्रबनी लोकसभा क्षेत्र से नौ प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया वहीं शिवहर संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी फैसल अली ने आज मोतिहारी समाहरणालय में नामांकन का पर्चा दाखिल किया शिवहर में छठे चरण में बारह मई को मतदान कराया जायेगा वाल्मिकीनगर संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत केदार पांडेय ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पंकज मोहन सिंह और चौरसिया एम कुमार ने भी अपना पर्चा भरा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना की अदालत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर किया है भारतीय दंड विधान की धारा पांच सौ के अंतर्गत पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में यह मामला दर्ज किया गया है श्री मोदी ने आरोप लगाया है कि बैंग्लूरू के समीप कोलार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी टाइटिल वाले व्यक्तियों की छवि को ध्रमिल किया है उन्होंने कहा कि यह एक आपराधिक मामला है और इसके लिये न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को सजा मिलनी चाहिए सीतामढ़ी के निवर्तमान सांसद और रालोसपा के विक्षुब्ध नेता राम कुमार शर्मा ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है बेतिया में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि उपेन्द्र कुशवाहा ने अपने कोटे की सभी सीटों पर पैसे लेकर उम्मीदवार खड़े किये हैं अपना अलग गुट बना च्रके राम कुमार शर्मा ने कहा कि वे और उनके साथी केन्द्र में एक बार फिर नरेद्र मोदी की सरकार बनाने के लिये एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं उन्होंने दावा किया कि रालोसपा के दो विधायक सहित पार्टी के कई बड़े नेता उनके साथ हैं पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने आज स्वच्छ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिये महिला पीठासीन पदाधिकारियों मतदान पदाधिकारियों और महिला ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया काल वैशाखी के कारण बना सिस्टम कमजोर पड़ जाने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम में फिर से परिवर्तन आया है तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दरभंगा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान चौंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इधर मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य क्षेत्रों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है पटना और गया समेत दक्षिणी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे रेलगाड़ियों पर उपद्रवियों द्वारा पत्थरबाजी की घटना में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे नई तकनीक अपनाने जा रहा है पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने बताया कि ट्रेनों में अब विनायल कोट वाले शीशे लगाये जायेंगे उन्होंने कहा कि इस बदलाव से पत्थरबाजी की घटना में शीशे टूटकर नहीं बिखरेंगे और यात्रियों को कोई नुकसान नहीं होगा आज विश्व विरासत दिवस है इस अवसर पर पटना संग्रहालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया संग्रहालय में वर्ल्ड हेरीटेज में शामिल देश के पच्चीस प्रमुख स्थलों की प्रदर्शनी भी लगायी गयी

तिरसठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया